प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में शोणितपुर जिले के ढेकियाजुली में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखा साथ ही असम मेला प्रोर्जेक्ट की शुरूआत की इस दौरान उन्होंने दो नये मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी इस अवसर पर श्री मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल भी जाएंगे वे पूर्वी मेदिनीपुर जिले के हल्दिया में तेल और गैस तथा सड़क क्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाए राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री हल्दिया में चार हजार सात सौं करोड़ रुपए की परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे वे भारतीय तेल निगम लिमिटेड के हल्दिया तेल शोधक की दूसरी कैटालिटिक डीवैक्सिंग इकाई की आधारशिला भी रखेंगे श्री मोदी हल्दिया में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी आयात टर्मिनल गेल की डोभी दुर्गापुर प्राकृ तिक गैस पाइपलाइन और रानीचक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चार लेन वाले रोड ओवरब्रिज सह फ्लाई ओवर का उद्घाटन भी करेंगे

उन्होंने बताया कि वैक्सीन देने के बाद किसी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए श्री भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से कहा कि वे टीकाकरण की दैनिक गति का विश्लेषण करें और इस गति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं राज्यों को सलाह दी गई है कि वे को विन प्लेटफार्म पर पंजीकृत सभी लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें राज्यों को यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार करने और यथासंभव अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में भी टीकाकरण सत्र आयोजित करने को कहा गया है

राज्यों को टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए जिला और प्रखण्ड स्तर पर समीक्षा करने की सलाह दी गई है

राज्य में अब रविवार को भी कोराना का टीकाकरण किया जायेगा टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार की ओर यह निर्देश दिया गया है टीकाकरण के लिए पुलिस लाईन में भी शिविर लगाए जाएंगे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना महामारी से निपटने में लगे डॉक्टरों और पारा मेडिकल कर्मियों पर देश को गर्व है

उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने दुनियाभर में लोगों को भारी दुख और पीड़ा पहुंचाई है राष्ट्रपति ने महामारी के प्रकोप से निपटने में विश्वविद्यालय के योगदान की सराहना की राष्ट्रपति ने कहा कि महामारी ने दुनिया को यह सबक सिखाया है कि अगर एक व्यंक्ति खतरे में है तो दूसरा भी सुरक्षित नहीं रह सकता श्री कोविंद ने इसे विश्व बंध्त्वम का सबक बताया

इस संबंध में शिक्षा विभाग एक मोबाईल एप्प विकसित कर रहा है जो जीपीएस प्रणाली पर आधारित होगा शिक्षा सचिव राहल शर्मा ने प्रत्येक महीने कम से कम दस स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारियों को दिया है जिस स्कूल का निरीक्षण किया जाएगा मौके पर ही उसकी रिपोर्ट एप्प के माध्यम से अपलोड करनी पड़ेगी उन्होंने कहा कि झारखण्ड में कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है जल्द ही स्कूलों को खोला जाएगा

मालूम हो शिक्षामंत्री पिछले वर्ष सितंबर महीने में कोरोना से संक्रमित हुए थे जिसके बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी बाद में उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया यहां पर उनका फेफड़ा प्रत्यारोपण किया गया जिसके बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं

राजधानी के हरमू रोड स्थित डिबडीह में आज राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेशस्तरीय बैठक हो रही है बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी जय प्रकाश नारायण सहित अन्य प्रदेशस्तरीय नेता भाग ले रहे हैं बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थितियों और संगठनात्मक मुददों पर चर्चा होनी की संभावना है

इस कार्यक्रम को आज रात साढ़े नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुना जा सकता है

चिकित्सा पदाधिकारी सभी जिलों के आइएमए कार्यालय में भूख हड़ताल का प्रतिनिधित्व करेंगे राज्य सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया है कि राज्य में मिक्सोपैथी के खिलाफ यह भूख हड़ताल होगी जो शाम पांच बजे तक चलेगी

ताकि विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थानों में काम को लेकर बेहतर माहौल बन सके आयोग की सदस्य चंद्रमुखी ने निर्देश देते हुए कहा है कि इसके लिए कमेटी नियमित अंतराल पर बैठक करेगी और इसकी रिपोर्ट यूजीसी की बेवसाइट पर भेजेगी उन्होंने कहा कि इंटर कमेटी के दौरान सभी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए सदस्यों को मनोनित करना है

यहां पर लोडिंग और अनलोडिंग करने पर मालवाहक वाहनों को जब्त किया जायेगा इस संबंध में नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा है कि तालाब के किनारे वाहन लगाने वालों पर कार्रवाई होगी और निगम सर्ख्ती के साथ जुर्माना भी वसूलेगा तालाब के किनारे अपर बाजार और छोटा तालाब के आसपास गोदाम में सामान लोड और अनलोड किया जाता है जिससे तालाब और सड़कों पर जाम और कचरे की भरमार हमेशा रहती है टो अवे जोन घोषित किये जाने से अब इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है

उन्होंने यह खिताब बॉल थ्रो इवेंट में उनहत्तर दशमलव शून्य पांच मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है बाबूलाल जेएसएसपीएस के प्रशिक्षु हैं वहीं जेएसएसपीएस के एक अन्य कैडेट दीपक टोप्पो ने भी साठ मीटर की दौड राष्ट्रीय रिकार्ड के साथ सात दशमलव तीन एक सेंकेंड में पूरी कर फाइनल में प्रवेश किया है

इधर झारखंड राज्य पावरलिफिंटिंग तथा बैंच प्रेस प्रतियोगिता कल राजधानी रांची के चुटिया में शुरू हुई इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया इसमें विभिन्न जिलों से आए पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं